पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा के तहत आज भीतर रैनी विधान की रस्म पूरी की जा रही है जोगी चुनाव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अजीत जोगी विधानसभा चुनाव नहीं लडेंगे पार्टी के महासचिव अब्दल हमीद हयात ने आज रायपुर में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बहजन समाज पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया उन्होंने यह भी कहा कि तीनों दल के महागठबंधन की ओर से नब्बे सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी बहजन समाज पार्टी में शामिल हो गई हैं उनके साथ ही इसी पार्टी की गीतांजलि पटेल ने भी बसपा की सदस्यता ग्रहण की इन दोनों को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी लालजी वर्मा ने सदस्यता दिलाई

आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हीरासिंह मरकाम ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश में सत्तर सीटों पर और समाजवादी पार्टी बीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी इन दोनों पार्टियों को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने समर्थन देने की बात कही है उम्मीदवार सूची छत्तीसगढ़ में जिन अटठारह विधानसभा सीटों में पहले चरण के तहत विधानसभा चुनाव होने हैं वहां इन दिनों नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है सोलह तारीख को अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक क्ल दो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है इस बीच विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का सिलसिला जारी है

वहीं बहुजन समाज पार्टी ने छह सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए है बसपा ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठबंधन किया है क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा सहित ग्यारह गांवों में खेल गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है इसके तहत इन गांवों में कबड़डी और रस्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया साथ ही लोगों को ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में भी बताया गया जिले में दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए दिव्यांग रथ की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इधर कबीरधाम जिले के बोडला और पंडरिया में चल कबीरधाम मतदान करे बर थीम से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया इस थीम के माध्यम से नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है वहीं बालोद जिले के ग्राम कुमुड़कट्टा में भी ग्रामीणों ने वचन मतदान का शपथ लिया इस अवसर पर कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला ने मतदाताओं से बिना भय और प्रलोभन के शत प्रतिशत मतदान की अपील की

वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए कबीरधाम जिले में हुए एक सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार तीन लोग मोटरसाइकिल में सवार होकर तरेगांव के बिजई से कबीरधाम जा रहे थे तभी कुकदुर थाना के माहीडभरा के पास उनकी मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए द्र्ग जिले में जुनवानी के पास एक चारपहिया वाहन और एक्टिवा के बीच हई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया इधर रायपुर के बिरगांव में आज पानी टंकी की सीढ़ी गिरने से दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार पानी टंकी के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे इसी दौरान पानी टंकी की सीढ़ी अचानक गिर गई जिसमें दबने से दस व्यक्ति घायल हो गए सभी घायलों को इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के निर्देश दिए विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर रावण उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुम्भकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर के रावण भाटा और सप्रे शाला मैदान में रावण दहन का बड़ा आयोजन किया गया है यहां रावण कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले के दहन के साथ ही आतिशबाजी भी आकर्षण का केन्द्र रहती है इसके अलावा रायपुर के शंकर नगर चौबे कॉलोनी डंगनिया सहित कई क्षेत्रों में भी दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की रायपुर महानगर इकाई ने आज रायपुर के सुभाष स्टेडियम में विजयादषमी उत्सव का आयोजन किया इस अवसंर पर शस्त्र पूजन कर स्वयं सेवकों ने शहर के प्रमुख मार्गों में पथ संचलन किया दुर्गा विसर्जन प्रदेशभर में नवरात्रि के दौरान स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आज से शुरू हो गया है इस मौके पर विभिन्न स्थानों परं बाजे गार्ज के साथ प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जा रही हैं राजधानी रायपुर में खारून नदी पर स्थित महादेवघाट पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है परंपरा के अनुसार ज्योति कलश का विसर्जन किया गया जवारा विसर्जन के लिए शोभायात्राएं भी निकाली गईं पुलिस प्रशासन ने प्रतिमाओं और जवारा विसर्जन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं बस्तर दशहरा पचहत्तर दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा में आज विजयादशमी के अवसर पर परंपरानुसार भीतर रैनी विधान की रस्म पूरी की जा रही है इस दौरान आठ पहियों वाले रथ में माईजी की डोली और छत्र को ससम्मान विराजमान कर इक्कीस तोपों की सलामी देने के बाद रथ परिक्रमा की जाएगी रथ को परिक्रमा के बाद दंतेश्वरी मंदिर के सामने रखा जाएगा इस रथ को मध्य रात्रि में कुम्हड़ा कोट ले जाने की परंपरा है

इसमें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित शिकायतें चौबीसों घंटे की जा सकती हैं इस सेल का नंबर शून्य सात सात एक दो चार चार पांच सात आठ पांच है दन्तेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग थाना क्षेत्र से तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के बड़ेगोबरा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हई इसके बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की हैं रायपुर के डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में बने रावण के पुतले में बीती रात आग लग गई जिससे रावण का पुतला पूरी तरह जल गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में दिसंबर सत्रांत परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म आगामी इकतीस अक्टूबर तक जमा किए जा सकते हैं